म्ख्यमंत्री ने लखनऊ में संचारी रोग नियंत्रण दस्तक और विशेष जेई टीकाकरण अभियान का किया श्भारम्भ

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सक्रिय रक्षा नीति अपनाई है कोलकाता में कल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एन एस जी के नए भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले अमेरिका और इजरायल जैसे देशों में शामिल हो गया है गृहमंत्री ने कहा कि भारत देश में शांति भंग करने और सीमा में घुसपैठ करने वालों को सटीक जवाब देगा

आतंक से निबटने में एन एस जी के जवानों के योगदान की सराहना करते हए श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इसे दुनिया का सर्वोत्तम बल बनाने के लिए कडे कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि सरकार एक नीति बनाने पर काम कर रही है जिसके तहत सुरक्षा बलों के जवान साल में कम से कम सौ दिन अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे बाद में कोलकाता में एक जनसभा में गृहमंत्री ने अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि देश में संशोधित नागरिकता कानून के लागू होने से उनकी नागरिकता नहीं जाएगी बंगाल की धरती पर से बंगाल के सभी माइनोटरी के भाईयों बहनों को कहने आया हूं सीएए से आपकी नागरिकता कभी जाने वाली नहीं है सीएए नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का कानून नहीं श्री शाह ने जोर देकर कहा कि इस कानून के तहत जब तक देश में सभी शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल जाती तब तक सरकार नहीं रुकेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को सुरक्षा देने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी है श्री योगी ने कहा कि आज पुलिस के भय से प्रदेश से आपराधिक तत्व पलायन कर रहे हैं मुख्यमंत्री कल शामली में दो सौ नब्बे करोड़ रूपये की लागत के अट्ठारह विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए कांधला और कैराना के बीच एक पीएसी कैंप बनाया जाएगा श्री योगी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी तत्वों से करने की नीति अपनायी है और यह आगे भी जारी रहेगी इस अवसर पर श्री योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना कन्या सुमंगला योजना आयुष्मान भारत समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और धनराशि के चेक भी वितरित किए उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव हर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम नागरिकों को गुणवत्तापरक चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है श्री योगी ने यह बात कल लखनऊ में औरंगाबाद के अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद स्मारक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान और विशेष जेई टीकाकरण अभियान की शुरूआत करते हुए कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के समी ग्रामीण और शहरी इलाकों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर पिछली दो फरवरी से हर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है इन मेलों के जरिये नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण पैथोलॉजिकल जांच बच्चों की सेहत और टीकाकरण के बारे में जरूरी परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है इन मेलों में आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क गोल्डन कार्ड बनाने की सुविधा भी दी जा रही है अभी तक लगाये गये आरोग्य मेलों में सत्रह लाख से ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा मिला है उन्होंने कहा कि संचारी रोगों में इलाज से ज्यादा बचाव का महत्व है इसी उददेश्य के तहत पहली से इकत्तीस मार्च तक संचारी रोग नियंत्रण दस्तक और विशेष जेई टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे तथा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण भी किया उद्यान राज्य मंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि स्वच्छता और जागरूकता जैसे कार्यक्रमों से प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों में महामारी का रूप ले च्की जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों पर काबू पाने में सफलता प्राप्त हई है श्री चौहान कल देवरिया में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्प है और प्रत्येक रविवार को राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आरोग्य मेले इसी कड़ी का हिस्सा हैं उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण के लिये सभी से जागरुक होने का भी आहवान किया केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनका मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में आठ मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करेगा श्री निशंक ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार ने दो हजार चौदह से कई कदम उठाये हैं वेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के कारण आज शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दाखिला लेने वाली बालिकाओं की संख्या लडकों के मुकाबले अधिक हो गयी है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्व है सुल्तानपुर जिले के कुतुबपुर में कल एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित है और इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने वाले मेधावी छात्रों के घर और स्कूल तक पक्की सड़कें बनवायी जाएगी उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की श्चिता बनाये रखने के लिए सख़्त उपाय किये गये हैं उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कल कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के बड़ी गंडक नदी पर लगभग एक करोड़ तिरसठ लाख रुपये की लागत से निर्मित पीपा पुल का लोकार्पण भी किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृशीनगर जिले में चार सौ उन्यासी करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है श्री मौर्य ने कहा कि जिले में जल्द ही नारायणी नदी पर पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाया जायेगा उन्होंने जनपद की सत्रह सड़कों का लोकार्पण और उन्तीस सड़कों का शिलान्यास भी मंच से बटन दबाकर किया केन्द्र सरकार ने इस साल फरवरी के महीने में माल और सेवा कर के रूप में एक लाख पांच हजार करोड रूपये से अधिक की राशि वसूल की है जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है कुल राजस्व में से केन्द्रीय और माल सेवाकर सीजीएसटी की राशि बीस हजार करोड रूपये से अधिक है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फरवरी के महीने में घरेलू खरीद फरोख्त से जीएसटी राजस्व में पिछले साल की फरवरी महीने के मुकाबले बारह प्रतिशत की बढोत्तरी दर्ज की गई है केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अन्राग ठाक्र ने कहा है कि देश में करदाताओं की संख्या में बढोतरी के कारण कर संग्रह में आठ प्रतिशत की वृद्धि हई है कल चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होने का संकेत है वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सबका विश्वास योजनाके तहत पन्चानबे प्रतिशत प्राने विवादों को सुलझा लिया गया है जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से छूट के लिए तीन से इकत्तीस मार्च के बीच आयकर च्काना होगा प्रदेश सरकार ने बिजली बकाया जमा करने के लिए आसान किस्त योजना के लिये पंजीकरण की अंतिम तारीख इकत्तीस मार्च तक बढ़ा दी है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी आसान किस्त योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बकाया की धनराशि को अधिकतम चौबीस मासिक किस्तों में आगामी माह के बिलों के साथ जमा करने की सुविधा दी जा रही है उपभोक्ता सभी किस्तों का भुगतान एक साथ भी कर सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस में प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बारह मार्च तक बढ़ा दी गई है विश्वविद्यालय ने यह निर्णय विभिन्न राज्यों की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है